नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में देशव्यापी अभियान के तहत पद यात्राएं रैलियां और सभाएं की जा रही है इस दौरान इस बात को प्रमुख रूप से लोगों के बीच रखा जा रहा है कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है इसे लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है रेलमंत्री रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में रेलगाडियों के परिचालन को बेहतर बनाने के लिये उन सभी स्टेशनों पर गाडियो का ठहराव बंद किया जाएगा जहां से यात्रियों का आवागमन कम है उन्होनें आज उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के अनेक स्टेशनों पर कम आवागमन के बावजूद राजनैतिक दबाब में रेलगाडियों का ठहराव शुरू कर दिया गया जिसके चलते रेलगाडियों के परिचालन में अधिक समय लग रहा है श्री गोयल ने कहा कि अब उन स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका जाएगा जहां यात्री और माल ढुलाई दोनों में रेल को लाभ की संभावना है

इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के सवालों के जबाब भी देंगे

केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से नवीं कक्षा की छात्रा तन्वी भोयर और उज्जैन से ओम परमार का चयन भी इस कार्यक्रम के लिए हुआ है वहीं छतरपुर जिले से कांची श्रीवास्तव वैभव सिंह चन्देल विदुषी रावत और लवकुश नगर के आयुष रैकवार सहित चार विद्यार्थियों को भी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिये शहडोल जिले के तीन छात्रों को शामिल किया गया है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय के दो छात्र और एक निजी स्कूल की छात्रा शामिल है सुर्य नमस्कार स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया भोपाल स्थित सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षा मंत्री डाक्टर प्रभुराम चौधरी और जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए वहीं राज्य मंत्रीमंडल के अन्य सदस्यों ने अलग अलग जिलों मे ंसूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया राज्य के ग्वालियर मुरैना शिवपुरी सागर इंदौर जबलपुर रीवा सतना उज्जैन मंदसौर होशंगाबाद रायसेन देवास रतलाम बालाघाट बैतूल डिण्डौरी आगरमालवा सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया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

शास्त्रार्थ समा कल राजभवन के सांदीपनि सभागार में अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया जाएगा यह जानकारी देते हुए महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डाक्टर पंकज लक्ष्मण जानी ने संवाददाताओं को बताया कि राज्यपाल लालजी टंडन की प्रेरणा से मध्यप्रदेश में पहली बार इस सभा का आयोजन किया जा रहा है डाक्टर जानी ने बताया कि इस शास्त्रार्थ सभा में व्याकरण न्याय ज्योतिषशास्त्र और साहित्य शास्त्र पर आधारित सभाओं का आयोजन किया जाएगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

कई जिलों में प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गयी है

प्रदेश में सबसे कम तापमान एक दशमलव छह डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी में दर्ज किया गया मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीली हवाओं से भोपाल सहित रीवा सागर शहडोलजबलपुर संभागों तथा बैतूल रायसेन सीहोर ग्वालियर दतिया रतलाम जिलों में शीतलहर चलने के आसार है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोगों की आवाज बनना चाहिये